परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर का ऐलान कांग्रेस सरकार के समय बसों की खरीद व अन्य मुद्दों पर श्वेत पत्र लाएगी सरकार

बजट चर्चा प्रदेश विघानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र के आज छठे दिन सदन में अगले वित्त वर्ष के बजट पर चर्चा जारी रही प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा को शुरू करते हुए भाजपा के नरेन्द्र बरागटा ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के विभिन्न बिन्दुओं को सराहा और कहा कि इसमें बागवानी व कृषि क्षेत्र के लिए उठाए गए पगों से काफी लाम मिलेगा उन्होंने सेब का रूट स्टॉक इटली के स्थान पर अमेरिका या फ्रांस से आयात किया जाए क्योंकि इटली के रूट स्टॉक में कई तरह का वायरस सामने आया है बरागटा ने कहा कि बजट को लेकर कोई राजनीति नही की जानी चाहिए कांग्रेस के ठाकुर रामलाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए कर्ज लेना ही पड़ेगा जिसके बिना कोई गुजारा नही है भाजपा के चौधरी सुखराम ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर पिछले दरवाजे से विभिन्न विमागों में मर्तियां करने का आरोप लगाते हुए सिरमौर जिले के अनेक उदाहरण दिए उन्होंने भर्तियों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की चौधरी सुखराम ने सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय बढ़ाने और उद्योगों को जमीन देने का सुझाव भी दिया

इस दौरान जगत सिंह नेगी विरोध स्वरूप सदन से बाहर चले गए बाद में कांग्रेस के अन्य विधायकों ने भी उनका अनुसरण किया लेकिन विघानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इसे केवल जगत सिंह नेगी का ही वाकआउट देते हुए व्यवस्था दी कि अन्य विधायकों का वाकआउट नही माना जाएगा निर्दलीय होशियार सिंह ने चंबा व कांगड़ा जिलों की दूरी घटाने के लिए सुरंग बनाने और किडनी प्रत्यारोपण करवा चुके मरीजों को वितीय मदद देने की मांग की भाजपा के विक्रम सिंह जरियाल ने बजट को सराहनीय ऐतिहासिक और सर्व वर्ग हितैषी बताते हुए कहा कि इस बजट में सभी का ख्याल रखा गया है कांग्रेस की आशा कुमारी ने कहा कि बजट में कुछ नया नहीं है कि इसका समर्थन किया जा सके भाजपा के बलबीर चौधरी ने कहा कि आशा वर्कर से लेकर प्रत्येक बर्ग को बजट में राहत दी गई है और हर विघानसभा हल्के में सामुदायिक भवन खोलने की घोषणा सराहनीय है जिसका गरीबों को फायदा पहुंचेगा माकपा के राकेश सिंघा ने कहा कि यह वितीय पूंजी द्वारा संचालित बजट है जिसमें कई खामियां हैं बजट को दिशाहीन करार देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें वितीय संसाधन जुटाने बीबीएमबी प्रोजेक्ट की हिस्सेदारी और सरकारी नौकरियों का कोई उल्लेख नहीं है प्रश्नकाल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान वन व परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुई बसों की खरीद और परिवहन से जुड़े अन्य मुद्दों पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा भाजपा के राकेश पठानिया के पूरक सवाल पर उन्होंने ये ऐलान किया और कहा कि इससे सच्चाई सामने आएगी

उन्होंने सदन को बताया कि मामले से जुड़े पक्षों से चर्चा की गई है और जल्द ही बसें फिर सड़कों पर दौड़ने लगेंगी हालांकि गोबिंद ठाकुर ने कहा कि पहाड़ी राज्य के पैमानों के मुताबिक ये बसें सही नही हैं और इनमें कई कमियां हैं उन्होंने कहा कि बिना मांग के वॉल्वो बसे चलाई गई जिससे परिवहन निगम को भी घाटा सहना पड़ रहा है मगर अब समूची प्रणाली को पटरी पर लाया जाएगा परिवहन मंत्री ने जल्दबाजी में कोई भी बस बंद न करने का आश्वासन भी दिया और कहा कि लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं देने के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है कांग्रेस के ठाकुर रामलाल के बिलासपुर में ग्रीन हाउस संबंधी सवाल पर कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने बताया कि ग्रीन हाउस की सब्सिडी में अगर किसी ने गड़बड़ी की होगी तो उसे कतई नहीं बख्शा जाएगा और गलत करने वाले को सजा अवश्य मिलेगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना संबंधी भाजपा के हीरा लाल के प्रश्न पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि इस योजना में सभी गांवों को सड़क से जोड़ना सुनिश्चित किया जाएगा

विक्रम जरयाल ने चम्बा के सिंहुता क्षेत्र से ही तीन लोगों की नियुक्ति होने का मामला उठाया कांग्रेस के अनिरूद्व सिंह के लोक निर्माण विभाग के मण्डलों में धनराशि की स्वीकृति से जुड़े सवाल पर जयराम ठाकुर ने बताया कि बजट आबंटन मण्डल के अनुसार होता है

इसी मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सड़कों के किनारे नालियों के निर्माण को सही तरीके से कराने का सुझाव दिया

विपिन परमार ने कहा कि संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है

अब्दुल गनी के इस जज्बे को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी हाल ही में उन्हें सम्मानित किया वीओ चंबा जिला देश के पिछड़े क्षेत्रों में शुमार है मगर जिले के करीब एक दर्जन लोग राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवा चुके है

समाज सेवा को जिन्दगी का मकसद बना चुके अब्दुल गनी दिन रात की परवाह किए बिना जरूरतमंदो की सहायता के लिए पहुंच जाते हैं

राजीव बिंदल ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान का हमेशा अटूट रिश्ता रहा है जिसे कोई भी ताकत कमजोर नहीं कर सकती उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को विधानसभा की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी देते हुए ई विधान प्रणाली से भी अवगत करवाया प्रतिनिधिमंडल ने आगन्तुक गेलरी से विधानसभा कार्यवाही का अवलोकन भी किया देश की संसदीय प्रणाली जानने के लिए ये इन दिनों भारत दौरे पर है राज्यसमा राज्यसभा की प्रदेश से रिक्त होने वाली एक सीट के चुनाव के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता व केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा दाखिल नामांकन पत्र की आज जांच की गई निर्वाचन अधिकारी जीसी नेगी ने आकाशवाणी को बताया कि जगत प्रकाश नड्डा के नामांकन सही पाए गए हैं उल्लेखनीय है कि इस चुनाव के लिए केवल जगत प्रकाश नड्डा ने ही नामांकन पत्र दाखिल किया है ऐसे में जगत प्रकाश नड्डा का निर्विरोध चयन हो गया है

नये शुल्क से लगभग पच्चीस करोड़ खाताघारकों को फायदा पहुंचेगा और इसे अगले महीने की पहली तारीख से लागू किया जाएगा